बिहार में अब तक बत्तीस लोग संक्रमित राष्ट्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आहवान पर अब से कुछ देर बाद रात नौ बजे अपने घरों की लाइटें नौ मिनटों के लिए बंद करने की मुहिम में शामिल होगा कोरोनावायरस को हराने के लिए लोग राष्ट्र की सामूहिक भावना को प्रदर्शित करने के लिए दीये मोमबत्तियाँ या मोबाइल फ्लैश लाइट जलाएंगे ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को याद दिलाया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ राष्ट्र के सामूहिक संकल्प के लिए आज रात नौ बजे उन्हें दीये जलाने हैं श्री मोदी ने शुक्रवार को लोगों से ऐसी ही अपील की थी इसका उद्देश्य कोरोना वायरस को हराने के लिए राष्ट्र की सामूहिक शक्ति प्रदर्शित करना है

प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि दीए जलाते समय एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाएं रखें घर के भीतर रहें और समूह में एकत्रित न हों उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सामाजिक दूरी की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना है

रास्तों में गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है अपने घर के दरवाजे बालकनी से ही इसे करना है सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामवाण इलाज है प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से देशवासियों ने पिछले महीने की बाईस तारीख को कोविड उन्नीस के खिलाफ लड़ रहे लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया था वह दूसरे देशों के लिए उदाहरण बन गया है उन्होंने यह भी कहा कि जनता कर्फ्यू और घंटी बजाने से इस चुनौतीपूर्ण समय में देशवासियों को अपनी एकता का आभास हुआ है नागरिकों को सलाह दी गई है कि आज रात दीए और मोमबत्ती जलाते समय एल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग न करें क्योंकि यह ज्वलनशील होता है आज रात नौ बजे देशवासियों के लिए बेहद खास अवसर है अंधकार से प्रकाश की इस यात्रा पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता आओ फिर से दीया जलाएं एक बार फिर बेहद प्रासंगिक हो गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस कविता का एक वीडियो साझा किया है आइए इस कविता को सुनते हैं बाईट दुपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा अंतरतम का नेह निचोड़े बुझी हुई बाती सुलगाएं आओ फिर से दिया जलाएं

आओ फिर से दीया जलाएं आहूति बाकी यज्ञ अधूरा अपनों के विघ्नों ने घेरा अंतिम जय का वज बनाने नव दधिचि हड्डियां गलाएं आओ फिर से दिया जलाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आहवान पर आज रात नौ बजे नौ मिनट तक दीया मोमबत्ती टॉर्च और मोबाईल की फ्लैश लाईट जलाकर कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव में अपने संघर्ष की एकज्टता प्रदर्शित करने की अपील की है उन्होंने कहा कि इससे हमारी दृढ़ इच्छाशक्ति और मजबूत होगी और हमारा आत्मबल बढ़ेगा बिजली मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आज रात नौ बजे घरों की बत्तियां बंद होने के दौरान ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने के सभी प्रबंध किए गए हैं बिजली मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण इन अटकलों को देखते हुए आया है कि बत्तियां बंद करने के दौरान ग्रिड में अस्थिरता आ सकती है और बिजली उपकरणों को नुकसान पहुंच सकता है मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नौ मिनट तक घरों में केवल बत्तियां ही बंद करने की अपील की है सड़कों गलियों की बत्तियां या कंप्यूटर टेलीविजन पंखे और फ्रिज जैसे घरेलू बिजली उपकरण बंद करने के लिए नहीं कहा गया है केन्द्र सरकार ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे कोरोना वायरस से बचाव के लिए मॉस्क का इस्तेमाल करें ये मॉस्क घर पर भी बनाये जा सकते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने परामर्श जारी कर लोगों से कहा है कि वे विशेषकर घर से बाहर जाते समय मॉस्क का अवश्य इस्तेमाल करें

कुछेक देशों ने घर में बने मास्क के कई फायदे भी गिनाए हैं परामर्श में कहा गया है कि घर में बने मास्क व्यक्तिगत स्वच्छता की दृष्टि से भी अच्छे होते हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने संवाददाताओं से कहा कि ऐसे मास्क के उपयोग से समुदाय को भी सुरक्षित रखने में काफी हद तक मदद मिलेगी कोई भी आदमी अपना जो फेस कवर है प्रोटेक्टिंग कवर है इसको एक दूसरे से शेयर न करे अगर फैमिली में चार मैम्बर है और उनको चारो को यूज करना चाहते है तो चारो अलग अलग यूज करें दूसरा हमने कहा कि आप उसको मल्टीपल में बनाकर रखें यानी आप इस कवर को धो रहे हैं तो दूसरा फेसकवर आप यूज करें देश में अब तक कोरोना वायरस के तीन हजार पांच सौ सतहत्तर मामलों की प्रष्टि हुई है इनमें पैंसठ विदेशी मरीज भी शामिल हैं कोरोना वायरस के संक्रमण से देशभर में अब तक उनासी लोगों की मौत हुई है जबकि दो सौ सड़सठ लोग स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस का प्रकोप देश के उनतीस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैल चुका है इधर राज्य में भागलपुर की एक वृद्ध महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर बत्तीस हो गयी है राज्य में अब तक चार मरीज उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं जबकि एक व्यक्ति की मौत हुई है राज्य सरकार के आदेश पर बाईस मार्च के बाद प्रदेश में आये एक लाख अस्सी हजार से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की प्रक्रिया शुरू की गयी है इधर स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी प्रवासी अपने गांव लौटे हैं उनका सत्यापन और मेडिकल जांच कराना आवश्यक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कोरोना संक्रमण के दौरान उठाये गये कदमों के संबंध में मुख्य सचिव दीपक कुमार और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राशन कार्ड आवेदन में छोटी मोटी तकनीकी गड़बड़ियों को तीन दिनों में दूर कर आवेदकों को इसे उपलब्ध करायें श्री कुमार ने बाहर विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी कामगारों और मजदूरों के लिये मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से एक एक हजार रूपये की मदद दी जायेगी इसके लिये आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहार कोरोना तत्काल सहायता मोबाईल एप्प तैयार किया है विभाग की वेबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू आपदा डॉट बीआईएच डॉट एनआईसी डॉट इन से इस एप को डाउनलोड किया जा सकता है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से घोषित कोरोना राहत पैकेज की बड़ी राशि बैंकों में हस्तांतरित की जा रही है उन्होंने कहा कि राज्य के सभी राशन कार्डधारियों को दो से तीन दिनों में मुफ्त चावल और दाल जन वितरण प्रणाली की दुकानों से मिलने लगेगा उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए राशि भी उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है श्री मोदी ने लोगों से राशन दुकानों और गैस एजेंसियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है अररिया सीतामढ़ी और बेगूसराय जिले में एक सौ इकतीस कोरोना संदिग्ध लोगों में से एक सौ अठारह की रिपोर्ट निगेविट आयी है वहीं इन जिलों में तेरह लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है शिवहर जिले के विभिन्न प्रखंडों में तेईस क्वारेंटाइन कैम्प चलाये जा रहे हैं जिसमें दो सौ से अधिक लोगों को रखा गया है बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिले के सभी राशन कार्डधारियों को सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर अनाज का वितरण किया जा रहा है मुंगेर की पुलिस अधीक्षक लीपी सिंह की ओर से गठित हेल्पिंग हैन्ड्स ग्रूप की ओर से अब तक दस हजार से अधिक जरूरतमंद लोगों के बीच फूड पैकेट का वितरण किया जा चुका है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने आज गया में पुलिस के जवानों को मास्क और सैनिटाईजर का वितरण किया राज्य की पुलिस ने विदेशियों सहित तब्लीगी जमात में हिस्सा लेने वाले लोगों का पता लगाने के प्रयास तेज कर दिए हैं अररिया के जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जमात में हिस्सा लेने वाले बारह विदेशियों के रक्त के नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं जिनकी रिपोर्ट का इंतजार है दूसरी ओर मधेपुरा के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभी तक जिले में दो व्यक्तियों की पहचान की गई है जिन्होंने दिल्ली के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था प्रारंभिक जांच के बाद इन व्यक्तियों को संगरोधन में भेज दिया गया है इस बीच पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि केंद्र की सूची में शामिल दस विदेशी नागरिकों में से नौ अररिया और एक समस्तीपुर में है भारतीय आयूर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने स्वास्थ्यकर्मियों के लिए नये नियम जारी किये हैं ताकि कोविड उन्नीस की जांच रैपिड एंटीबॉडी आधारित खून के नमूने से शुरू की जा सके परिषद ने उन क्षेत्रों के लिये नई रणनीति बनाई है जहां कोविड उन्नीस के मरीज बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में प्रवासी लोगों की मौजूदगी वाले स्थान और विदेशों से लाये जा रहे लोगों को रखने के केन्द्र शामिल हैं अनुसंधान परिषद ने कहा है कि स्वास्थ्य केन्द्रों में जुकाम जैसी बीमारियों की भी निगरानी की जाएगी परामर्श में यह भी कहा गया है कि जुकाम से पीड़ित व्यक्तियों को चौदह दिन के क्वारंटीन के दौरान घर पर रहने के लिये जरूरी सलाह दी जाए देश की जानी मानी हस्तियां देशव्यापी लॉकडाउन का समर्थन कर रही हैं इन लोगों ने कोरोना का मुकाबला करने के लिए लोगों से घर के अंदर ही रहने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है जाने माने गीतकार प्रसून जोशी ने अपनी कविता के माध्यम से लोगों से लॉकडाउन का समर्थन करने का अनुरोध किया है

इस देश को प्यार बुजुर्गों से यहां खुद से पहले अपने है इस देश को प्यार बुजुर्गों से यहां खुद से पहले अपने है कर्तव्य यहां पहले आता पर बाद में आते सपने है हां ये ही एक संदेश हा घर में रहेगा देश

चलो मन को देश आदेश हां घर में रहेगा देश संकल्प नया एक करते है चलो मिलकर पीडा हरते हैं इस देश के रहने वाले तो हर दिन ही तपस्या करते हैं बढ़ जाने दो ये केश हां घर में रहेगा देश फिल्म अभिनेत्री अनन्या पाण्डे ने अपने संदेश में लॉकडाउन के दौरान घरों में लोगों से कुछ रचनात्मक काम करने को कहा है

कोरोना वायरस एक बहत ही गंभीर स्थिति है और इस वक्त सकारात्मक रहना महत्वपूर्ण है हम घर बैठकर बहत सारी चीजें कर सकते है जो हमारी मानसिक स्थिति को पॉजिटिव रखे जैसे मैं अपने परिवार के साथ वक्त बीता रही हूं फिल्में देख रही हूं किताबें पढ़ रही हूं घर पर एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रही हूं खाना पकाने की कोशिश कर रही हूं हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अकेले हैं हमें एकसाथ कोरोना वायरस को हराना है हाइजिनिक रहना है और मोस्ट इम्पोर्टेट हमें घर पर रहना है पूर्व ओलिंपियन मिल्खा सिंह ने भी लोगों से लॉकडाउन का पालन करने को कहा है बाईट मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं एज ए स्पोर्ट्समैन कि आप मेहबानी करके घरों के अंदर हैं रह रहें है

अब मेरा बेटा है जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल टीम का गोल्फर है मैं भी रनर रहा हूं तो हम दोनों मिलकर अपने घर के अंदर मेरी बीबी मेरा पोता सब जो है आधा पौना घंटा निकालते है जमपिंग करते हैं जोगिंग करते हैं पेट की एक्सरसाइज करते है बेक की एक्सरसाइज करते है तो उससे क्या होता है कि ब्लड आपकी बॉडी के अंदर सर्कलेट करता है और बीमारी जो है आपके नजदीक नहीं आने पाती

बिहार में अब तक बत्तीस लोग संक्रमित